कांगड़ा के जिला निर्वाचन अधिकारी संदीप कुमार ने बताया है कि राजनीतिक दलों और प्रत्याशियों को सार्वजनिक मीडिया में विज्ञापन देने से पहले मीडिया प्रमाणन व निगरानी समिति से अनुमति लेना अनिवार्य है उन्होंने कहा कि समिति द्वारा विज्ञापनों के प्रारूप व पेड न्यूज का अवलोकन किया जाएगा और आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन पाए जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी इस बीच बिलासपुर जिला निर्वाचन अधिकारी विवेक भाटिया ने कहा है कि चुनाव के दौरान नकदी सहित अन्य वस्तुओं के वितरण पर नज़र रखने के लिए उड़न दस्ते व स्थाई निगरानी टीमों का गठन किया गया है सूचना प्रसारण सचिव सूचना और प्रसारण सचिव अमित खरे ने कहा है कि भारतीय मीडिया का महत्व आमदनी और रोजगार सुजन की क्षमता से अधिक है कल मुम्बई में एक कार्यक्रम में उन्होंने कहा कि मीडिया में लोगों की धारणा में बदलाव करने की क्षमता है तथा विश्व में भारत की छवि निखारने में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका है

बैठक प्रदेश विधानसभा सचिवालय में अधीनस्थ विधायन और मानव विकास समितियों की दो दिवसीय बैठक कल सम्पन्न हुई इस दौरान अधिनस्थ विधायन समिति ने शिक्षा कृषि तथा जनजातीय विकास विभाग के विभिन्न पदों के भर्ती व प्रोन्नति नियमों को संवीक्षा के बाद अनुमोदित किया मानव विकास समिति ने उच्चतर व प्रारम्भिक शिक्षा विभाग से प्राप्त विभागीय उत्तरों का अवलोकन किया और इन पर प्रतिवेदन तैयार करने का निर्णय लिया

उन्होंने बताया कि झंण्डूता के एसडीएम मेला अधिकारी होगें उधर ऊना के मैड़ी में कल से शुरू हो रहे डेरा बाबा बड़भाग सिंह होली मेले को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता प्रबंध किए गए हैं

मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए हए हैं राज्य के उंचाई वाले इलाकों मे बीते दिनों हुई बर्फबारी के बाद सामान्य जनजीवन अभी भी पटरी पर नहीं लौट पाया है जनजातीय जिला लाहौल स्पीति और चंबा जिले के पांगी क्षेत्र में बर्फबारी के कारण अनेक संपर्क मार्ग अवरूद्व हैं जिससे स्कूली बच्चों सहित स्थानीय लोगों को मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है

एक नज़र अखबारों की सुर्खियों पर केंद्रीय निर्वाचन आयोग के आदेश से जुड़ी खबर को आज अधिकांश समाचार पत्रों ने प्रमुखता से प्रकाशित किया है अमर उजाला की सुर्खी है बिना अनुमति स्ट्रांग रूम खोलने वाले एसडीएम चौपाल पर गिरी गाज तबादला पंजाब केसरी के शब्द हैं एसडीएम चौपाल को पद से हटाया गया दिव्य हिमाचल ने लिखा है हिमाचल में चुनावी स्ट्राइक लापरवाही बरतने पर केंद्रीय चुनाव आयोग ने डीसी शिमला एसडीएम चौपाल को हटाने के दिए आदेश दैनिक जागरण का शीर्षक है स्ट्रांग रूम खोलने पर पद से हटाए चौपाल के एसडीएम हिमाचल दस्तक और आपका फैसला के एक जैसे शब्द हैं एसडीएम चौपाल पर गिरी ईसी की गाज

इसी समाचार पत्र के मुताबिक चारों मौजूदा सांसदों के नामों पर ही प्रदेश भाजपा में बनी सहमति जबकि दिव्य हिमाचल के शब्द हैं मौजूदा सांसदों पर ही दांव लगाएगी भाजपा हिमाचल दस्तक के अनुसार सीटिंग एमपी शायद ही बदले भाजपा दैनिक भास्कर ने खबर दी है हिमाचल के सात प्रदूषित शहरों में अप्रैल से डीजल वाहनों के रजिस्ट्रेशन पर रोक

दैनिक जागरण की एक खबर है अधिक वार्षिक शुल्क वसूलने वाले निजी स्कूलों की मान्यता रद्द होगी दैनिक सवेरा टाइम्स लिखता है हिमाचल प्रदेश में पुलिस कर्मियों की छुट्टियां बंद लोकसभा चुनाव की घोषणा के बाद डीजीपी ने जारी किए निर्देश मौसम पर अमर उजाला की सुर्खी है मार्च में भी शून्य से नीचे पारा आज भी मौसम खराब दैनिक भास्कर के अनुसार उतराला की बर्फीली पहाड़ियों में फंसे अमेरिकी पैराग्लाइडर को रेस्कयू किया